हरिद्वार में गंगा नदी की सफाई के लिए उठाये गये कदमों पर एनजीटी ने राज्य सरकार से ताजा अनुपालन रिपोर्ट मांगी उच्चतम न्यायालय ने लिविंग विल को मान्यता देते हुए लाइलाज रोगियों को इच्छा मृत्यु देने की अनुमति प्रदान की

वाइस केन्द्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री आर के सिंह और मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने देहरादून के पुवेलियन मैदान से सौभाग्य योजना का उदघाटन किया यह योजना आज से पूरे प्रदेश में शुरू हो गई है

उन्होंने आशा व्यक्त की कि सभी घरों तक बिजली पहंचाने का लक्ष्य समय से पूरा कर लिया जाएगा इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आज के आध्वनिक युग में सभी घरों में बिंजली पहंचाने की पहल बेहद महत्वपूर्ण है उन्होंने कहा कि इस योजना से उन सभी परिवारों के जीवन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आएगा जो परिवार अब तक बिजली से वंचित थे श्री रावत ने कहा कि तय समय के भीतर राज्य के हर गांव तक बिजली पहंचा दी जाएगी आकाशवाणी समाचार के लिए देहरादून से संजीव सुन्द्रियाल कार्यक्रम समाप्त होने के बाद पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उर्जा के क्षेत्र में उत्तराखण्ड का प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा है

उन्होंने उम्मीद जताई कि राज्य सरकार बिजली पहुंचाने के लक्ष्य को समय से पहले ही पूरा कर लेगी

राज्य सरकार की नीतियों की जानकारी देते हुए श्री रावत ने कहा कि अपने एक वर्ष के कार्यकाल में राज्य सरकार ने जनता को पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया है

प्रशंसा केन्द्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री आरके सिंह ने राज्य सरकार द्वारा प्रारम्भ किये गये एलईडी लाईट ट्रेनिंग कार्यक्रम की प्रशंसा की है अपने ट्वीट संदेश में श्री सिंह ने कहा कि सरकार द्वारा शुरू किये गये इस कार्यक्रम से न सिर्फ महिला स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक बल मिलेगा बल्कि ऊर्जा बचत के उपायों को भी प्रोत्साहन मिलेगा गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने देहरादून के थानों से एलईडी ग्राम लाईट प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारम्भ किया था इस योजना के तहत एलईडी उत्पादों के तैयार होने के साथ ही इनकी मार्केटिंग की व्यवस्था की जायेगी एलईडी के लिए द्वितीय प्रशिक्षण शीघ्र ही कुमाऊं के कोटाबाग में प्रारम्भ किया जायेगा यह कार्यक्रम सरकार द्वारा सभी न्याय पंचायतों को ग्रॉथ सेंटर के रूप में विकसित करने की दिशा में उठाया गया कदम है एनजीटी राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी ने उत्तराखंड सरकार को गोमुख और हरिद्वार के बीच गंगा नदी की सफाई के लिए उठाये गये कदमों पर ताजा अनुपालन रिपोर्ट पेश करने को कहा है गंगा की सफाई के लिए दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति जावद रहीम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने यह आदेश दिया खंडपीठ ने सभी संबंधित पक्षों को पूरक रिपोर्ट की प्रति देने के बाद एक सप्ताह के भीतर इसे दाखिल करने के निर्देश दिए हैं

अधिकरण ने कहा था कि सरकार ने दो साल में गंगा को साफ करने पर सात हजार करोड़ रूपए खर्च किये लेकिन अभी भी गंगा की सफाई एक गंभीर पर्यावरणीय मुद्दा बना हुई है उच्चतम न्यायालय उच्चतम न्यायालय ने आज ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए लाइलाज रोगियों को इच्छा मृत्यु देने की अनुमति प्रदान कर दी है प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्र की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने लिविंग विल को मान्यता देने संबंधी याचिका पर सुनवाई करते हुए लाइलाज रोगियों को कुछ नियमों और प्रक्रियाओं के तहत इच्छा मृत्यू देने की अनुमति प्रदान की पीठ में शामिल न्यायमूर्ति एकेसिकरी न्यायमूर्ति एएमखानविलकर न्यायमूर्ति डीवाईचन्द्रचूड़ और न्यायमूर्ति अशोक भूषण ने इस बारे में दिशा निर्देश भी तय किये कि अंतिम इच्छा को कौन कार्य रूप देगा और मेडिकल बोर्ड इस आधार पर इच्छा मृत्यू के लिए कहेगा सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था भी दी कि ये निर्देश इस संबंध में कानून बनने तक लागू रहेगे लिविंग विल की धारणा के अंतर्गत कोई भी स्त्री या पुरूष पहले ही तय कर सकेगा कि बीमारी लाइलाज होने की हालत में उसे जीवन रक्षक प्रणाली पर रेखा जाना है या नहीं प्रधान न्यायाधीश ने निर्णय सुनाते हुए कहा कि लिविंग विल के मुद्दे पर सभी न्यायाधीश एकमत थे ताकि जो व्यक्ति असहनीय पीड़ा बर्दाश्त करते रहना नहीं चाहता उसे इच्छा मृत्यु देने की व्यवस्था हो

महोत्सव के आयोजन का उद्देश्य आम लोगों और जंगल के बीच की दूरी को कम करना है इस अवसर पर मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि प्रकृतिक खूबसूरती के साथ साथ उत्तराखण्ड में वन्य जीवों की विविधता भी महत्वपूर्ण है उन्होंने कहा कि देश में पायी जाने वाली पक्षियों की प्रजातियों की आधे से अधिक प्रजातियां उत्तराखण्ड में पायी जाती हैं श्री रावत ने उत्तराखण्ड की जैविक विविधता को संजोए रखने के लिए लगातार प्रयास करने की जरूरत बताई इस मौके पर वन मंत्री डॉहरक सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखण्ड की विविधता ही यहां की विशेषता है उन्होंने कहा कि बर्ड वाचिंग को प्रोत्साहन देने से इस क्षेत्र में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे राष्ट्रीय पोषण मिशन योजना देशभर में बच्चों के कुपोषण दर और किशोरी एवं महिलाओं के एनीमिया दर में कमी लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरूवार को राष्ट्रीय पोषण मिशन योजना का शुभारंभ किया

राष्ट्रीय पोषण मिशन योजना पर मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए इस योजना को स्वस्थ भारत के लिए मील का पत्थर करार दिया उन्होंने कहा कि अगर हम भविष्य को स्वस्थ चाहते हैं तो हमें वर्तमान को देखना होगा

महिला कल्याण एवं बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य गांवों में ही रोजगार सृजन कर महिलाओं की स्थिति को सुदृढ़ करते हुये उन्हे सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने एकल महिलाओं के लिये सखी ई रिक्शा योजना के तहत सात महिलाओं को ई रिक्शा की चाबी और सेफ्टी किट प्रदान की

इस मौके पर मुख्यमंत्री ने महिलाओं से सरकार द्वारा महिलाओं के कल्याण के लिये संचालित विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर उनका अधिक से अधिक उपयोग कर आर्थिक व सामाजिक रूप से मजबूत बनने की अपील की

कार्यकम को सम्बोधित करते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि सहकारी बैंक की ओर से ई रिक्शा देकर गरीबों विशेषकर महिलाओं को स्वरोजगार से जोडने का प्रशंसनीय प्रयास किया गया है

निकाय चुनाव आने वाले कुछ महीनों के भीतर राज्य में निकाय चुनाव प्रस्तावित हैं इसकी तैयारियां शासन प्रशासन स्तर पर तेजी से चल रहीं हैं